प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने बीते दो सालों में लगभग एक दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों को ही सेवा विस्तार दिया है

धर्मशाला में चल रहे विधानसभा के शीतलाकलीन सत्र की छठी व अंतिम बैठक में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक जगत सिंह नेगी के एक सवाल पर उन्होंने ये जानकारी दी जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को सेवा विस्तार देने का दुरूपयोग नहीं किया है और सेवा विस्तार देना उनकी सरकार की नीति नहीं है इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया उन्होंने दावा किया कि सरकार ने बड़े पेमाने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया है

उन्होंने कहा कि दर्ज आपराधिक मामलों के जल्द निपटारे के लिए प्रदेश में जहां तीन परिवार अदालतें गठित की गई हैं वहीं पोक्सो एक्ट के तहत भी तीन अदालतें गठित की गई हैं

जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद सरकार ने करूणामूलक आधार पर रोजगार की नीति में संशोधन किए गए हैं प्वाइंट आफ ऑर्डर प्रदेश सरकार स्कूल प्रबंधन कमेटी एसएमसी के तहत नियुक्त शिक्षकों की नौकरी नहीं छीनेगी विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री द्वारा यह मामला उठाए जाने पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने ये बात कही

शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये भर्ती पहले से खाली चल रहे पदों पर की जाएगी सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने एसएमसी पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं किया है इसके विपरीत मुख्यमंत्री ने एसएमसी शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की है इससे पहले प्वाइंट ऑफ आर्डर के तहत मामला उठाते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार वर्षो से काम कर रहे एसएमसी शिक्षकों के पदों को रिक्त न माने उन्होंने कहा कि सरकार जो शिक्षकों की नई भर्ती करने जा रही है वह खाली पदों पर की जाए अग्निहोत्री ने कहा कि जहां जहां एसएमसी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वहां पिछले कई सालों से परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर रहे हैं ऐसे में इनकी नौकरी बनी रहनी चाहिए

जयराम ठाक्र ने दावा किया कि सरकार जिस तरह से जनमंच का आयोजन कर रही है ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं है

उन्होंने कहा कि सौर व पन बिजली दोहन में तेजी लाने के लिए नीतियां बनाई गई हैं और सौर ऊर्जा मिशन के तहत केंद्र सरकार प्रदेश को उपदान प्रदान कर रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के बेरोजगारों को स्वरोजगार सुनिश्चत करने के मकसद से दो मेगावाट तक के पावर प्रोजेक्ट हिमाचल के युवाओं को देने का निर्णय लिया है

राजीव बिंदल ने सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित सभी सदस्यों का आभार जताया

उन्होंने कहा कि सत्र सुचारू तौर पर चला और इस दौरान सार्थक चर्चाएं हुईं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विपक्ष के प्रत्येक मुद्दे का जवाब देने का भरपूर प्रयास किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को हिमपात से प्रभावित प्रदेश में सभी आवश्यक सेवाएं तुरंत बहाल करने के निर्देश दिए हैं वे आज धर्मशाला में हिमपात के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सभी प्रमुख सड़कों की बहाली के लिए उपयुक्त कार्यबल और मशीनरी तैनात करने और अन्य विभागों को व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा हालांकि चम्बा जिले के कई इलाकों में आज तीसरे दिन भी बर्फबारी का दौर जारी रहा ज़िला प्रशासन ने पांगी भरमौर तीसा और सलूणी क्षेत्रों में हिमस्खलन की आशंका को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है